मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लगातार किए जा रहे अपने दावों के अनुरूप सीमापार से आतंकवाद को समाप्त करना चाहिए

उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह विश्वास दिलाने के लिए दुढ संकल्प है कि पाकिस्तान को विश्वसनीय प्रमाणिक और लगातार कार्रवाई के लिए विवश करने की जरूरत है

प्रवक्ता ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि पाकिस्तान पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम देने को जैश ए मोहम्मद के दावे को लगातार नकार रहा है

प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के जरिये उत्तरप्रदेश के खुर्जा और बिहार के बक्सर में एक हजार तीन सौ बीस मेगावाट क्षमता वाले ताप बिजली घर की आधारशिला रखी

श्री मोदी ने कहा कि जेवर में एक बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है जिससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी

आज पाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने यह घोषणा की उन्होंने कहा कि गांव की समस्या का समाधान गांव में हो इसके लिए सरकार काम कर रही है और यदि जरूरत पडी तो कानून भी बनाया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने आते ही किसानों का ऋण माफ किया और गरीबों को एक रूपए किलो की दर पर गेहूं उपलब्ध कराने की पहल की

आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने विजय माल्या नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों को बेहिसाब कर्जा दिया उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आते ही कार्रवाई के डर से ये सभी देश छोड़कर भाग गए जबकि कांग्रेस सरकार के वक्त ये देश में घूमते थे और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हई उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य कानून के जरिये इन भगौड़ों की संपत्ति को जब्त कर रही है

इस अवसर पर श्री राठौड़ ने कहा कि हॉल में जयपुर ग्रामीण के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा तराशने का अवसर मिलेगा

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भण्डारी ने आज न्यायालय की जयपुर पीठ में लोक अदालत का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिये पक्षकार राजीनामा योग्य मामलों को निपटा सकते हैं

इसके लिये चिकित्सा विभाग ने विभिन्न टीमों का गठन किया है दूर्गम क्षेत्रों में पोलियोरोधी खुराक पिलाने के लिये विशेष बंदोबस्त किये गये है अभियान के पहले दिन कल बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी तथा दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई जायेगी इस वर्ष कार्यक्रम में घूमन्त् जातियों विशेष तौर पर गाडियां लौहारों मनिहारो पत्थरों का काम करने वालों और गृह निर्माण तथा ईट भद्दों पर काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी

उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक महीने तक आरोपियों की निगरानी की तथा जयपुर मुंबई दिल्ली और इंदौर में एक साथ कार्यवाही कर इन युवकों को गिरफतार किया पुलिस आयुक्त ने बताया कि जयपुर निवासी सत्यनारायण के पास से दस लाख रूपए नकद जब्त किए गए हैं

उन्होंने बताया कि सरकार लघु उद्योगों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है डॉ पाठक ने आज जयपुर में आयोजित जयपुर परिधान एक्सपो का शुभारंभ किया इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ पाठक ने कहा कि गारमेंट सेक्टर में जयपुर पूरे देश में अग्रणी है और यहां से समूचे देश में ही नहीं विदेशों में निर्यात हो रहा है

उर्स की शुरूआत कल रात चाँद दिखाई देने के साथ ही हो गई है राज्यपाल कल्याण सिंह की ओर से आज मजार शरीफ पर चादर और अकीदत के फूल पेश किए गए

मेले को लेकर प्रशासन और खाट्श्याम जी प्रबंध समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है हमारे संवाददाता ने बताया कि रोडवेज ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की है

इसकी शुरूआत पीपीपी मॉडल पर की जाएगी

उन्होंने बताया कि सहकारी आवासन संघ तीन आधारभूत संरचनाओं पर काम करेगा

उसके पास से पैनड्राइव और फोन में पाकिस्तान की वीडियो कॉल बरामद की गई है बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की निशुल्क जांच की गई

दौसा जिले में महवा थाना क्षेत्र के सिंधु की गांव में बिजली का करंट लगने से चाचा भतीजे की मृत्यु हो गयी यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार में विवाह कार्यक्रम चल रहा था